जयपुर में आए नये मामलों में से चार निजामुददीन में हुए कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं

इसके तहत जनगणना के अनुसार रामगंज को क्लस्टर्स में बांटकर प्रतिदिन सैम्पल लिए जाएंगे और उनकी पीसीआर टेस्टिंग करवाई जाएगी

आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कांफ्रेस के जरिये विभिन्न मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई चर्चा में इस बारे में निर्णय किया गया

आज एक बयान जारी कर श्री पूनिया ने कहा कि संकट के इस समय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए

श्री नड्डा ने राजस्थान भाजपा द्वारा किए जा रहे राहत कार्यो की सराहना की

उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढाने का सुझाव दिया है आज वीडियो कांफ्रेस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने बल दिया कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना है

उन्होंने महामारी से लड़ाई में केन्द्र के साथ मिलकर काम करने के राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की श्री मोदी ने सामाजिक दूरी बनाये रखने जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का पालन करने जैसे प्रयासों में प्रत्येक नागरिक के योगदान के साथ अनुशासन समर्पण और पतिबद्धता की भावना की प्रशंसा की उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति निरंतर बदल रही है और हमें हर समय चौकस रहने की जरूरत है सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाले नेताओं ने कहा कि पूरा देश संकट की इस घड़ी में एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है

श्री मोदी इससे पहले भी मुख्यमंत्रियों से संवाद कर चुके हैं

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक एक लाख चौदह हजार पंद्रह नमूनों की जांच की जा चुकी है इनमें कल जांच किये गये बारह हजार पांच सौ चौरासी नमूने भी शामिल हैं

इस योजना में प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज प्रत्येक माह निशुल्क दिया जाएगा यह अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक दिया जाएगा

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को श्भकामनाएं दी है उन्होंने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि हनुमान जी के जीवन से लोगों को कठिन समय से पार पाने में मदद मिलेगी लॉकडाउन के कारण हनुमान जयंती पर मेले और अन्य सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं लोग घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं

राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने भी महामारी की वर्तमान परिस्थिति में सभी लोगों से इबादत और नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है

वहीं जयपूर शहर के मुफ़ती मोहम्मद जाकिर नोमानी ने भी एक अपील जारी कर कहा कि महामारी के इस संकट के समय सबसे बेहतर इलाज सामाजिक द्री बनाए रखना है इसीलिए सभी लोग शब ए बारात के मौके पर अपने अपने घरों में ही रहें और वहीं इबादत करें झालावाड़ और टोंक सहित कई अन्य स्थानों के धार्मिक नेताओं ने भी स्थानीय लोगों से ऐसी ही अपील की हैं

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कोन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं